ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा प्रदेश में नई पंचायतों के लिए जल्द बनाए जाएंगे पंचायत भवन कोरोना को लेकर बाजारों के लिए एसओपी जारी कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे बाजार बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में एक्टिव केस फांईडिंग अभियान को सफल बनाने में जिला अधिकारियों की भूमिका की सराहना की है शिमला में आज उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज कोरोना महामारी के कठिन दौर से गुजर रहा है और प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है उन्होंने कहा कि उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में महामारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों को प्रदेश के लोगों के लिए श्रेष्ठ सेवाए सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से हटकर सोचने की जरूरत है उन्होंने नशे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कोविड को लेकर राजनीति कर रहा है जबकि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान की सुरक्षा है

उन्होंने आज शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत नई परियोजना के संबंध में तैयार की गई कार्य योजना की प्रस्तुति के बाद ये जानकारी दी इस बीच सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक कल शिमला में बुलाई गई है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में नई बनी पंचायतों के लिए पंचायत भवन जल्द बनाए जाएंगे उन्होंने आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इन भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा उन्होंने कहा कि गांवों के विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा भाजपा बैठक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन ने कहा है कि कोरोना संकट काल में भी पार्टी जनसेवा का कार्य कर रही है सोलन में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि कोविड काल की शुरूआत में भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बन पाई थी जबकि आज भारत इसका निर्यात कर रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई देश भर में ऐसी पहली इकाई है जो डिजिटल हो रही है और अब महिला मोर्चा भी इस दिशा में अग्रसर है

ये गतिविधियां वर्चुअल माध्यम से ही होंगी पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि इस दौरान छोटी बैठके आयोजित की जा सकेंगी और इनमें केवल कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी बैठकों में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा एसओपी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बाजारों में ऐहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की हैं एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे

जिन जगहों पर बाजार खत्ले रहेंगे वहां दकानों को खोलते ही पहले उन्हें सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम छह फूट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान लगाएं

जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में एक बैठक में बताया कि कोरोना संकट के बावजूद जिले के विकास में कोई कमी नहीं आई है उन्होंने अटल टनल के खूलने से पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते जिले में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया

शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कड़े फैसले भी लिए हैं पठानिया ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मंत्रिमण्डल ने जनहित में अधिकांश विधायकों की मांग को देखते हुए शीतकालीन सत्र को रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्ममल ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई है उन्होंने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकना सरकार के साथ साथ हर नागरिक का कर्तव्य है ध्मल ने कहा कि मौजूदा हालात में धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र को रद्द करना सरकार का निर्णय सही है उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में हर पक्ष और राजनीतिक दल के लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है

बघाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उनके जन्मदिन की बधाई दी है अपने बधाई संदेश में उन्होंने उम्मीद जताई कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी को और अधिक मजबूती भिलेगी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाए दी हैं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कृतसंकल्प है समर्थन प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने विधानसभा सत्र रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और कोरोना काल में विपक्ष का ये रवैया द्रभाग्यपूर्ण है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कोरोना काल में पार्टी ने जरूरतमंदों की मदद करने के साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है उन्होंने शिमला में बताया कि भाजपा का ये कहना गलत है कि कांग्रेस संकट की इस घड़ी में राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और कोरोना मामले व मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है